निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप अभियान के तहत हो रहे है नवाचार इस बार मतदाताओं को वोटर स्लिप के साथ मिलेंगी वोटर गाईड जयप्र के जिला प्रमुख और भाजपा नेता मूलचंद मीणा तथा दो पूर्व मंत्री सहित चार नेता कांग्रेस में हुए शामिल वहीं धौलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक शर्मा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की

गौरतलब है कि तीन दिन का यह सम्मेलन किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि में आधुनिक और विविध तकनीकों को बढावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है क्रषि क्रंम में दुनिया की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं इस्रायल और जापान आधिकारिक साझीदार के रूप में भाग ले रहे हैं हरियाणा और झारखंड इस आयोजन के साझीदार राज्य हैं कृंभ के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्रों में निवेश के लिए उत्तरप्रदेश सरकार और जापान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये जाएंगे

झालावाड से हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदाताओं की मतदान से संबधित समस्याओं और आशंकाओं को दूर करने के लिये इस बार चुनाव आयोग मतदाताओं के घर वोटर स्लिप के साथ वोटर गाईड पुस्तिका भी भेजेगा

श्रीगंगानगर में आज जिले के स्थापना दिवस के अवसर को स्वीप गतिविधियों से जोडा गया जिला कलेक्टर ज्ञानाराम ने बताया कि इसके तहत मैराथन दौड आयोजित की गई सिरोही जिले में आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई

यह आदेश केवल विद्यालय के कर्मचारियों के लिए है दोनों दिन विद्यालय के कर्मचारियों को आना होगा इस दौरान उनके अवकाश स्वीकृत नहीं होंगे

जिला निर्वाचन अधिकारी रविक्मार सुरपुर ने चनाव की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में है या नहीं इसका सत्यापन किया जाये और नाम नहीं होने पर उनके नाम जोडने के निर्देश दिए

सीकर में संकल्प महारैली के अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी की मौजुदगी में श्री मीणा और पूर्व मंत्री उषा पूनिया नारायण राम बेड़ा पूर्व जिला प्रमुख बिन्दू चौधरी तथा जाट नेता विजय प्रनिया कांग्रेस में शामिल हुये इधर धौलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक शर्मा कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये श्री शर्मो ने भाजपा की सदस्यता लेने के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके सरकारी कार्यालय में मुलाकात की

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतत्व में हए प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे और कई पूर्व मंत्रियों सहित सेकडों कार्यकर्ताओं ने भाग र्लिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पायलट ने कहा कि सीबीआई की स्वायतत्ता बरकरार रखी जानी चाहिये और उसकी साख को बनाये रखना देश के हित में है

एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया

इसकी अनुमानित कीमत करीब पांच लाख रुपए बताई जा रही है पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया है कि यह शराब विधानसभा चुनाव के दौरान वितरित की जानी थी इधर चुरू जिले के रतननगर में पुलिस ने एक कार में पांच लाख रूपये से ज्यादा की राशि बरामद कर दो युवकों को गिरफ्तार किया

चूरू जिले के सार्दलपुर में एक हिस्ट्रीशीटर के घर पुलिस ने आठ जिंदा कारतूस बरामद किये

इसमें भारत और अमेरिका के सैन्य अधिकारी और जवान भाग लेंगे इस संयुक्त युद्वाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेना के विशेष बलों की रणनीतियों का पारस्परिक आदान प्रदान के साथ भारत और अमरीका के बीच सैन्य संबंधों को प्रोत्साहित करना है और राष्ट्रविरोधी और आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने की विशेषज्ञता साझा करके संयुक्त रणनीतियों का विकास करना है

हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर में यह लगातार चौथा कैंप है